उन्होंने कर्मचारियों के हितों की रक्षा का भरोसा भी दिलाया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

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इसमें शामिल होंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रोजेक्ट भवन स्थित कार्यालय से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे वे राज्य में कोरोना संकमण की स्थिति की जानकारी प्रधानमंत्री को देंगे सरकार ने कहा है कि पांच राज्यों महाराष्ट्र पंजाब कर्नाटक गुजरात और तमिलनाड् में कोविड के नए मरीजों की संख्या में दैनिक बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले चौबीस घंटे में नए मरीजों में उनासी प्रतिशत इन राज्यों से सामने आए हैं

सा सा राज्यभर में पिछले चौबीस घंटे के दौरान छिहत्तर नये कोरोना संक्रमित मिले हैं इसी के साथ राज्य में अब तक मिले कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक लाख बीस हजार सात सौ इकहत्तर पहुंच गई है वहीं दूसरी ओर कल चौवन लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई इसी के साथ राज्य में अब तक स्वस्थ होनेवालों की कुल संख्या बढ़कर एक लाख उन्नीस हजार एक सौ पहुंच गई है राज्य में कल एक मरीज मौत कोरोना की वजह से हुई है और अबतक मरने वालों की कुल संख्या एक हजार चौरानबे है राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर पांच सौ सतहत्तर पहुंच गई है वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सभी बैंकों का निजीकरण नहीं किया जायेगा उन्होंने भरोसा दिलाया कि यदि ऐसा होता है तो कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जायेगी कैबिनेट की बैठक के बाद कल उन्होंने कहा कि जिन बैंकों के निजीकरण की संभावना है वे भी निजीकरण के बाद काम करना जारी रखेंगे और कर्मियों के वेतन या पेंशन संबंधी सभी हितों का ख्याल रखा जायेगा श्रीमती सीतारामन ने बैंकों के निजीकरण पर टिप्पणी करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना की उन्होंने कहा कि श्री राहल गांधी को समय समय पर दो लाइन की टिप्पणी करने की बजाय गंभीर चर्चा करनी चाहिए लोकसभा में कल केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने बताया कि झारखंड में पर्यटन विकास कि लिए केंद्र सरकार ने एक्यानबे करोड़ पचासी लाख रुपये स्वीकृत किये हैं श्री पह्लाद रांची के सांसद संजय सेठ द्वारा लोकसभा में तारांकित प्रश्न काल के दौरान पूछे गये सवाल का जवाब दे रहे थे सांसद ने जानना चाहा था कि केंद्रीय सरकार ने झारखंड में पर्यटन के विकास के लिए कितने रुपए स्वीकृ त किए हैंध बर्तमान में कितनी परियोजना झारखंड में चल रही तथा कितनी राशि अभी तक खर्च की गई है मंत्री ने बताया कि पर्यटन मंत्रालय ने झारखंड के लिए दो परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की है

इनमें से पंद्रह करोड़ साज लाख रुपये विमुक्त किए गए हैं इसमें से राज्य सरकार ने अभी तक चार करोड़ पच्चीस लाख रुपए ही खर्च किए हैं

इसमें बीस करोड़ अंठावन लाख रुपए निर्गत किए गए हैं

दो मई को मतों की गिनती की जाएगी चुनाव आयोग ने इस सम्बन्ध में अधिसूचना जारी कर दी है

प्रेस वार्ता में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि उप चुनाव को लेकर पूरे जिले में आचार संहिता लागू कर दी गई है वहीं सभी कोषांगों का गठन कर दिया गया है प्रत्येक कोषांग के लिए प्रभारी पदाधिकारी के साथ साथ वरीय पदाधिकारियों की भी नियुक्ति की गयी है मध्यपुर विधानसभा में तीन लाख इक्कीस हजार एक सौ तिरानबे मतदाता है उन्होंने बताया कि दिव्यांग और बुजूर्ग मतदाताओं को कई सुविधाएं मुहैया करायी जाएंगी इसके अलावा कोरोना संक्रमण को देखते हुए एक हजार से अधिक मतदाताओं वाले मतदान केंद्र पर उसी भवन में सहायक मतदान केन्द्र बनाये गये हैं ताकि कोविड नियमों का अनुपालन पूर्ण रूप से सुनिश्चित किया जा सके मध्यपुर उप चुनाव को लेकर कुल चार सौ नौ बूथों पर मतदान होगा साथ हीं आचार संहिता लागू होते ही जिले के सभी चेकपोस्टों पर सुरक्षा को लेकर आवश्यक कार्य किये जायेंगे निर्वाचन आयोग ने आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर हर मतदान केन्द्र पर इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के साथ मतदाता पुष्टि पर्ची वीवीपैट के इस्तेमाल का फैसला लिया है चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता लाने के लिए ये निर्णय लिया गया है क्योंकि वीवीपैट के जरिये मतदाता अपने डाले गये वोट की पुष्टि कर सकता है किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में ईवीएम वीवीपेट आवंटित करने से पहले ईवीएम प्रबंधन प्रणाली के जरिये दो बार जांच की जाती है और उसके बाद ये मतदान केन्द्र को सौंपे जाते हैं

देशभर के एक सौ बारह आकांक्षी जिलों में गुमला को तीसरा स्थान मिला है नीति आयोग ने फरवरी दो हजार एक्कीस में शिक्षा को लेकर रैंकिंग जारी की थी इस रैंकिंग में झारखंड के पाकुड़ जिले की स्थिति सबसे खराब है पाकुड़ को एक सौ बारह जिलों की रैंकिंग में एक सौ ग्यारहवां स्थान मिला है वहीं इससे पहले रामगढ़ जिले को दो हजार बीस में देशभर में पहला स्थान मिला था

जिले भर मे पोषण पखवाड़ा भी मनाया जा रहा है

राज्यसभा ने कल इसे मंजूरी दी लोकसभा पिछले वर्ष मार्च में इसे पारित कर चुकी है

इसमें महिला की निजता का सम्मान करने और प्रक्रिया की गोपनीयता सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि इस विधेयक में महिला की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है उन्होंने कहा कि सभी हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद यह विधेयक लाया गया है स्वास्थ्य मंत्री ने इसे प्रगतिशील बताते हुए कहा कि यह महिलाओं की गरीमा की रक्षा के लिए है

श्री गोयल ने कहा कि रेलवे का निजीकरण नहीं किया जाएगा

उन्होंने कहा कि अगर निजी क्षेत्र रेलवे में निवेश करना चाहता है तो देश के हित में उसका स्वागत किया जाना चाहिए गोड्डा जिले के किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई तरह के प्रयास किये जा रहे हैं

झारखंड का मुकाबला ओड़िशा से होगा वहीं दूसरे सेमीफाइनल मैच में हरियाणा और उत्तर प्रदेश की टीमें आपस में भिड़ेंगी यह चैम्पियनशिप सिमडेगा जिले के स्ट्रोटर्फ स्टेडियम में हो रही है हॉकी दिल्ली को पांचवां स्थान मिला है वहीं उतराखंड की टीम सबसे निचले स्थान पर है अबतक हुए मुकाबलों में हरियाणा की टीम ने सबसे अधिक बहत्तर गोल किये हैं इस टूर्नामेंट में कुल बाइस टीमें हिस्सा ले रही हैं अब अखबारों की सुर्खियां झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन द्वारा अप्रैल में होगी बालू घाटों की नीलामी की घोषणा की खबर सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है प्रभात खबर ने बालू पर सदन में हंगामा सीएम बोले अप्रैल में घाटों की बंदोबस्ती खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है

वहीं दैनिक भास्कर ने मध्यपुर सीट के लिए उपचुनाव सत्रह अप्रैल को परिणाम दो मई को प्रमुखता से प्रकाशित किया है उन्मादी भीड़ ने फिर दो को पीटा एक अस्तपाल में भर्ती खबर को दैनिक जागरण ने लीड खबर बनाया है लोकसभा में चर्चा के दौरान रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा रेलवे का नहीं होगा निजीकरण खबर को रांची एक्सप्रेस ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है टाईम्स ऑफ इंडिया ने दुनिया के तीस सबसे अधिक प्रदूषित शहरां में से बाइस भारत के खबर को पहले पन्ने पर स्थान दिया है